राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड बढ़ी

प्रैस दिवस आज राष्ट्रीय प्रेस दिवस है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रैस दिवस पर मीडिया कर्मियों को बधाई दी है

उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान मीडिया ने जमीनी स्तर पर बहुत सी कठिनाईयों का सामना करने के बावजूद लोगों तक सही जानकारी पहंचाई मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया का उपयोग यदि विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए तो ये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन करने और कल्याण में प्रभावशाली साबित हो सकता है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि किसी भी समस्या को उजागर करने में मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है मगर सोशल मीडिया में अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ भ्रामक प्रचार से बचने की भी ज़रूरत है

जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने कहा कि ऊना जिले में स्वां तटीकरण परियोजना लगभग पूरी हो चुकी है और शेष कार्य को पूरा करने के लिए वित्त पोषण का मामला केन्द्र सरकार के समक्ष उठाया गया है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने इन योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर उद्योग मंत्री बिकम सिंह ठाकुर स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल व वन मंत्री राकेश पठानिया भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए

सभी मृतक बिहार के बताए जा रहे हैं जो लुधियाना से मजदूरी करने के लिए मंडी जा रहे थे पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी इस द्वर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है एक टवीट में प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए घायल व्यक्ति के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहायता दी जाएगी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने अविनाश राय खन्ना को प्रदेश भाजपा प्रभारी और संजय टंडन को सह प्रभारी नियुक्त करने पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि इनकी नियुक्ति से प्रदेश के संगठन को नई दिशा मिलेगी कश्यप ने कहा कि इन नेताओं का अनुभव प्रदेश में भाजपा के मिशन रिपीट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा

परमार ने कहा कि इस दौरान सामाजिक दूरी के साथ साथ विधानसभा परिसर में प्रवेश पर मास्क पहनना भी जरूरी होगा परमार ने विधानसभा परिसर में सुविधाओं का निरीक्षण भी किया और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए

प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के एक सौ नए मामलों की पुष्टि हुई है

अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने पंचायत चुनावों में हो रही देरी व इन चुनावों को लेकर बनाए जा रहे आरक्षण रोस्टर पर प्रदेश सरकार व चुनाव आयोग की कड़ी आलोचना की है ऊना से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम कर रहा है उन्होंने कहा कि इन चुनावों में आरक्षण रोस्टर बनाने में राजनीति की जा रही है जिसका कांग्रेस पार्टी हर मंच पर विरोध करेगी अग्निहोत्री ने पार्टी नेताओं से पंचायत चुनाव में जनता का समर्थन हासिल करने के लिए एकजुटता से कार्य करने का आहवान भी किया है मौसम प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पिति सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होने से सर्दी ने दस्तक दे दी है और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है

बर्फबारी से मनाली लेह मार्ग दारचा से आगे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है

कुल्लू जिले की ऊंची चोटियों सहित सोलंगनाला गुलाबा कोठी मढ़ी व धुंधी में भी बर्फ गिरी है पर्यटन नगरी मनाली में भी सीजन का पहला हल्का हिमपात हुआ है सिरमौर जिले के चूड़धार सहित अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हुई है ज़िला शिमला के नारकंडा खड़ा पत्थर कुफरी सहित ऊंची पहाड़ियों पर भी हिमपात हुआ है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में आज हल्की वर्षा हई प्रदेश में हई इस बर्फबारी व वर्षा को किसानों व बागवानों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है

सोलन जिले में भी ये कर्मचारी सरकार से अपना बढ़ा हुआ वेतन देने सहित अन्य मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर रहे कर्मचारियों का कहना है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी कंपनी उन्हें ये वेतन नहीं दे रही है

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले एंबुलेंस सेवा कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी नमस्कार